पदमभूषण पुरस्कार मलयालम अभिनेता मोहनलाल दक्षिण अफ्रीका के राजनेता प्रवीण गोर्धन सिस्को के पूर्व प्रमुख जॉन चैंबर्स सांसद हकमदेव नारायण यादव करिया मुंडा तथा सुखदेव सिंह ढींसा और दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैय्यर को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में शतरंज खिलाड़ी हरिका ड्रोनावली टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल सामाजिक कार्यकर्ता भगीरती देवी तथा मुक्ताबेन दाग्ली अभिनेता प्रभुदेवा संगीत निर्देशक शंकर महादेवन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस जयशंकर कृषक बाबूलाल दहिया तथा राजकुमारी देवी पुरातत्ववेत्ता दिलीप चकवर्ती और रूधिर रोग विशेषज्ञ मम्मैन चांडी शामिल हैं

सातवें और अन्तिम चरण में आठ लोकसभा क्षेत्र देवास उज्जैन इंदौर धार मन्दसौर रतलाम खरगौन और खण्डवा में मतदान होगा

एमसीएमसीकक्ष लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति एमसीएमसी क्रियाशील हो गई है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने कल शाम राज्य स्तरीय एमसीएमसी कक्ष का निरीक्षण किया इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक योगेश चौधरी और जनसम्पर्क आयुक्त पी नरहरि भी उपस्थित थे श्री राव ने कक्ष के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले चुनाव संबंधी समाचारों की रिकॉर्डिंग की जाये और उसकी रिपोर्ट शीघ्र भेजी जायें एमसीएमसी कक्ष में जनसंपर्क संचालनालय के संयुक्त संचालक को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है चुनाव तैयारी निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा करते ही आगरमालवा कलेक्टर अजय गुप्ता ने कल पत्रकार वार्ता कर बताया कि इसे बार लोकसभा चुनाव को देश का त्यौहार नाम दिया गया है उन्होंने बताया कि इस सी विजिल एप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त नाकेबंदी के साथ ही जिले में अन्तर्राज्यीय सीमा पर निरन्तर जांच होगी

वहीं सीधी में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से चुनाव शांतिपूर्ण पारदर्शी और निष्पक्ष कराने के निर्देश दिये हैं शिवपुरी में कलेक्टर ने सभी शासकीय सेवकों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा है वहीं उज्जैन में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक मिश्र ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव निष्पक्षता और पारदर्शी प्रक्रिया से संपन्न कराये जायेंगे इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचित अतुलकर भी मौजूद थे

सुबह घर पर ही हृदयाघात के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया श्री तिवारी ने रीवा संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था वे रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे

राज्य का अधिकतम तापमान सैतीस डिग्री सेल्सियस खरगौन में दर्ज किया गया